प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी से प्रसारित मासिक कार्यक्रम मन की बात में लोगों से अपील की थी कि दीपावली जैसे त्योहार के अवसर पर बाजार से खरीदारी करते समय स्वादेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें उन्होंने लोगों से कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पाद खरीदें प्रधानमंत्री का कहना था कि त्योहारों का उत्साह और बाजारों की रौनक आपस में एक दूसरे से गहरे जुडे हैं इसलिए इस बार जब आप लोग बाजार जाएं तो वोकल फॉर लोकल के संकल्प को याद रखें हमें स्वादेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी है

आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आज श्री मोदी ने गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान तथा राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोकार्पण किया श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है आयुर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है ये देखकर किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारम्परिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्व कर रहा है आज ब्राजील की राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद शामिल है भारत अमेरिका संबंध हो भारत जर्मनी रिश्तें हों आयुष और भारतीय पारम्परिक चिकित्सा पद्दति से जुड़ा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्वति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रकोप के दौरान आयुर्वेद उत्पादों की मांग द्वनियाभर में तेजी से बढ़ी है प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय आयुष मंत्रालय और अन्य विमागों से आग्रह किया कि वे भारत में पैदा होने वाली कई जड़ी बूटियों की उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता जगाएं

उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों को निलम्बित करने और दो माह के भीतर कार्य की प्रगति ठीक नहीं होने पर उन ठेकेदारों को बदलने के भी निर्देश दिए हैं केंद्रीय मंत्री ने कल लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्यज साहू के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की इस मौके पर श्री साहू ने उन्हें छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों की प्रगति के बारे में जानकारी दी श्री साहू ने केंद्रीय मंत्री से निर्माणाधीन रायपुर सिमगा बिलासपुर मार्ग को शीघ्र पूरा कराने का आग्रह किया केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में शीघ्र जांच प्रतियेदन प्रस्तुत करने और संबंधित ठेकेदार को नोटिस देने तथा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा इस संबंध में कल रायपुर में पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और स्वास्थ्य विमाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश के सभी जिलों से जुड़े पंचायत विभाग के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों की जानकारी दी डॉक्टर शुक्ला ने जिला समन्वयकों को मास्क के उपयोग दो गज की दूरी तथा साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने के व्यवहारिक महत्व के बारे में भी बताया उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण से मिलते जुलते लक्षण दिख रहे हैं तो चौबीस घंटे के भीतर कोविड जांच जरूर कराई जाए जिससे जल्द से जल्द उपचार शुरू हो सके विकासखंड स्तर के समन्वय अब गांवों में जाकर सरपंचों और पंचों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों की जानकारी देंगे इसके बाद ग्राम पंचायतों द्वारा सभी ग्रामीणों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण अंचल के प्रत्येक नागरिक को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बताए जाएं साथ ही ग्रामीणों को यह भी जानकारी दी जाए कि कोरोना लक्षण दिखने पर तत्काल जांच कराएं राज्य के वरिष्ठ चिकित्सको के यह देखने में आया है कि ग्रामीण अंचलों के लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद या तो बहुत देर से इलाज शुरू करते हैं या फिर अप्रशिक्षित व्यक्ति से इलाज करवाते हैं इस कारण जब उन्हें शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र लाया जाता है तब तक उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी होती है कोरोना जागरूकता कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में दो हजार दो सौ पच्चीस केन्द्र बनाए गए हैं इनमें एक हजार उन्नीस सेंटरों में एंटीजन टेस्ट वहीं आरटी पीसीआर जांच के लिए छह सौ साठ तथा द्रू नॉट टेस्ट के लिए पांच सौ छियालीस जांच सैंपल कलेक्शन केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं इन केन्द्रों में संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच की जा रही है वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के तहत घर घर पहुंचकर कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच भी कराई जा रही है इस बीच छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

इसे नरक चौदस भी कहा जाता है परंपरा के अनुसार रूप चौदस पर घरों के आंगन और बाहर रंगोली सजाकर चौदह दीये जलाए जाते हैं राज्य के विभिन्न स्थानों पर रौशनी के इस त्यौहार पर प्रतिष्ठानों और घरों में बिजली की झालरों से आकर्षक सजावट की गई है कल दीपों का पर्व दीपावली मनाया जाएगा दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों के बाजारों में काफी चहल पहल और रौनक देखी जा रही है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रकाश के महापर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्मकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि ये त्यौहार मनाते समय विशेष सावधानी बरतें और भीड़माड़ वाले स्थानों में जाने से बचें साथ ही ऐसे पटाखों का इस्तेमाल करें जिनसे कम से कम प्रद्षण हों वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और पर्यावरण के अनकल दीपावली मनाने की अपील की है इस बोर्च दीपावली की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास में धान की झालर बांधने की रस्म पूरी की एनजीटी फटाखा समय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेश के अनुसार दीपावली पर्व पर रात्रि आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे ऐसे पटाखे जिनसे अधिक प्रदूषण और ध्वनि उत्पन्न होती हो उन्हें फोड़ना प्रतिबंधित रहेगा सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों को भी फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए रायपुर जिले में कलेक्टर ने पांच दलों का गठन किया है इसके अलावा आरंग अभनपुर और बिरंगाव के लिए अधिकारियों की समिति भी गठित की गई है ब्राजील नट्स राज्य सरकार ने आम लोगों से ब्राजील नट्स के सह उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन ने ब्राजील नद्स के सह उत्पादों में सलमोनेला एनाटम और एलमोनेला टाइफीम्यूरम बैक्टीरिया होने की जानकारी दी है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है अधिकारियों ने बताया कि ब्राजील नट्स के सह उत्पाद भारत में विक्रय किए जाते हैं इसके अलावा इनकी ऑनलाइन बिक्री की जाती है ये उत्पाद ईट नेचुरल के नाम से मार्केट और ई कॉमर्स वेबसाइट में उपलब्ध है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली ने भी इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए जनसूचना जारी की है कम्प्यटर प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के कौशल विकास के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उन्हें कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा यह जानकारी राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा ने दी उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक डेटा एंटी ऑपरेटर और एसोसिएट डेस्कटॉप पब्लिशिंग नामक दो कोर्स शीघ्र संचालित करने का निर्णय लिया गया है इससे बच्चों में कम्प्यूटर शिक्षा का रूझान बढ़ेगा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने पिछले दिनों स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और कम्प्यूटर प्रशिक्षण के संबंध में एक पोस्टर का विमोचन भी किया माशिमं आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र सामान्य शुल्क के साथ पंद्रह दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं वहीं स्वाध्यायी और अवसर परीक्षा के लिए विद्यार्थी विलंब श्र्ल्क के साथ इकतीस दिसम्बर तक आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव प्रोफेसर व्ही के गोयल ने बताया कि आवेदन पत्र मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे चिटफंड कंपनी कार्रवाई निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली एक चिटफंड कम्पनी पर राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए उसकी सम्पत्ति कुर्क कर निवेशकों के सात करोड़ तैंतीस लाख रूपए लौटा दिए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में निवेशकों के खाते में ऑनलाइन राशि अंतरित की गौरतलब है कि राजनांदगांव की चिटफंड कम्पनी याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के विरूद्व नियेशकों ने कलेक्टर से शिकायत की थी इसके बाद कलेक्टर ने इस कंपनी की सम्पत्तियों की जानकारी ली जिसमें डायरेक्टरों के स्वामित्व की करीब दो सौ बयानये एकड़ अचल सम्पत्ति पाई गई

वहीं इस कंपनी में काम करने वाले स्थानीय युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए गए सिंचाई परियोजना प्रदेश की तीन महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं अहिरन खारंग लिंक परियोजना छपराटोला फीडर जलाशय और रेहर अटेम लिंक परियोजना का काम जल्द शुरू किया जाएगा यह जानकारी जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कल रायपुर में हुई सीआईडीसी बोर्ड की बैठक में दी तीनों सिंचाई परियोजनाओं का पहले सर्वेक्षण कर कार्ययोजना बनाई जाएगी इन परियोजनाओं को पूरा करने में लगभग दो हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने डाकिया के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सेवा सफलतापूर्वक शुरु की है इससे पेंशन पाने वाले व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं इस सुविधा का श्मारंभ नवंबर दो हजार चौदह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था इस सुविधा को देशभर में उपलब्ध कराने के लिए पेंशन और पेंशनघारक कल्याण विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने की योजना बनाई है इससे घर घर जाकर पेंशनधारकों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की सुविधा शुरु की गई है स्वच्छता पुरस्कार विश्व शौचालय दिवस उन्नीस नवंबर को राज्य स्वच्छता पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित कार्यक्रम में विजेता प्रतिमागियों को पुरस्कृत करेंगे राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा अट्ठारह विभिन्न श्रेणियों में चयनित विजेताओं को कुल चार करोड़ पैंतीस लाख रूपए के पुरस्कार दिए जाएंगे उल्लेखनीय है कि राज्य स्वच्छता पुरस्कार दो हजार बीस के तहत पच्चीस जुलाई से दो अक्टूबर तक प्रविष्टिया आमंत्रित की गई थीं अट्ठारह श्रेणियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब तीन हजार से ज्यादा संस्थाओं और व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था संक्षिप्त समाचार पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों विशेषकर बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने नदी नालों के पुनरूद्वार के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बिलासपुर को नेशनल वाटर अवॉर्ड दिया है केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने बिलासपुर के संभागायुक्त और तत्कालीन कलेक्टर को आज वर्चुअल रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया जिला रोजगार केन्द्र रायपुर द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सत्रह से उन्नीस नवंबर तक रायपुर में पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा कोंडागांव जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग सोलह से उन्नीस नवंबर तक आयोजन की जाएगी दुर्ग जिले में अवैध रूप से रह रहे एक सौ सैंतालीस लोगों को महापौर ने आज स्थायी आवंटन पत्र सौंपा